उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये भरपूर विकास कार्य कराये गये है और वह जनता के बीच जाकर इन कार्यो से अवगत करा रही है श्रीमती राजे गौरव यात्रा के तहत कल श्रीगंगानगरजिले में अनूपगढ़ रायसिंह नगर और पदमपुर में जनसभाओं को संबोधित कर रही थी उन्होंने कांग्रेस को आडे हाथो लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में बच्चों के साथ दुराचार के मामले हो रहे थे तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई सख्त कानून नहीं बनाया लेकिन भाजपा सरकार ऐसे मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून लेकर आई है इस मौके पर श्रीमती राजे ने जिले के इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों के आंकड़े पेश करते हुए घड़साना को नगर पालिका का दर्जा देने की भी घोषणा की उन्होंने रायसिंहनगर में बताया कि एक हजार करोड़ रूपये की लागत से रायसिंहनगर से बीकानेर तक बनने वाले नये मार्ग की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं जल्द ही इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा

पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पहले सत्र की अध्यक्षता करेंगे जिसमें सभी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वरिष्ठ नेताओं के साथ दोपहर बाद इस बैठक में भाग लेंगे

तीनों याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं में कई खामिया पाई गई थी न्यायाधीश पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने जुर्माने की इस रकम को सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के कल्याण के लिये खर्च करने का आदेश दिया उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओ को मूल उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने और परिणाम संशोधित करने का भी आदेश दिया

इस मामले में प्रथम दृष्टया अनियमितताए पाई गई हैं